सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि भारत में बने दो टीकों से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण श्रु किया गया उन्होंने कहा कि फार्मा क्षेत्र वैक्सीन और दवाओं के निर्माण में पूरी तरह से लगा हआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने बह्त कम समय में देशवासियों के लिए टीके विकसित किए हैं और हमारे टीके भारत की कोल्ड चेन प्रणाली के अन्कूल हैं श्री मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना होगा उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि हम आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ देशवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहें प्रधानमंत्री ने य्वाओं से समितियों का गठन करने और अपने अपने क्षेत्रों में कोविड प्रशासनिक उपायों में मदद देने का आहवान किया ताकि कंटेनमेंट या लॉकडाउन की कोई आवश्यकता न पड़े

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान गंवा चुके कोरोना योद्वाओं के आश्रितों को पूरी स्रक्षा प्रदान की है

इस दौरान वे मानव उपभोग के लिए स्वास्थ्य एवं स्रक्षा को बढ़ावा देने के मद्देनजर खाद्य सामग्रियों की सामग्री उत्पादन प्रिजारवेशन भंडारण और शेल्फ लाईफ वितरण और खादय पदार्थो की बिक्री पर विचार विमर्श किया इस अवसर पर राज्यपाल ने खाद्य उत्पादन और वितरण व्यवसाय से जुड़े उदयमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने को कहा

बहरहाल उन्होंने कहा की एक्सेपश्नल ग्राऊंड में छ्ड्वी को मंजूर किया जाएगा खोंसा असम देउमाली और दिरोक गेट के आवगमन के दो पइंट्स पर एस ओ पी अपनाया जाएगा जिले में प्रवेश के लिए स्क्रिनिंग और टेस्टिंग अनिवार्य कर दिया गया है जिले में स्बह सात बजे से शाम के छह बजे तक गाड़ियों और लोगो की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है अंतर्राज्यीय आवाजाही और समानो का पड़ोसी राज्य से होकर ग्जरने वालों को संबंद्ध जिला प्रशासन से पइंट ऑफ एंट्री से फेसिलिटेशन पास प्राप्त करना अनिवार्य है

इसके साथ ही राज्य में कोविड मरीजो की संख्या दो सौ बाइस हो गए है इन नए मामलों में राजधानी ईटानगर क्षेत्र से इक्कीस वेस्ट कामेंग से बारह लोवर दिबांग वैली से नौ तिराप से छ तावांग से चार और पाप्म पारे और ईस्ट सियांग से तीन तीन वही वेस्ट सियांग लवर स्बनसिरी और लोहित से एक एक मामले शामिल है